अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता आर सद्भाव राजनीतिक फैशन नहीं है बल्कि यह भारत और भारतीयों के लिए एक अच्छा जुनून है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि समावेशी संस्कृति और प्रतिबद्धता ने देश को अनेकता में एकता के तानेबाने के साथ एकज्ट किया है

श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के संवैधानिक सामाजिक और धार्मिक अधिकार भारत की संवैधानिक और नतिक गारंटी है उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्ध हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके मित्र नहीं हो सकते उन्होंने कहा कि लोगों को फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहना चाहिए श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचा देश जाति धर्म और क्षेत्र के सभी बंधनों को तोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवकों ने जन कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उप राष्ट्रपति ने कहा कि कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए हमारे लोक सेवकों ने सराहनीय कार्य किया है

प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे की परिकल्पना की थी तथा प्रगति उन्मुख और दयालु व्यवस्था बनाने पर बल दिया था केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीटर पर कहा कि लोक सवकों ने भारत की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाई है

प्रधानमंत्री ने इस कडो के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

मंत्रालय की अधिकारी ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां राज्यों के साथ विचार विमर्श के साथ उपयूक्त उपाय किए जायेंगे

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विभाग के प्रमुख डॉ नंद कुमार परिचर्चा में भाग लेगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्डे और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा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

उन्होंने पुलिस कर्मियों और चिकित्साकर्मियों को इस संक्रमण से बचाने के लिये सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने को कहा

लॉकडाउन के पालन को सुनिश्चित करने के लिये अन्तरजनपदीय और अतंर्राज्योय आवागमन को सख्ती से रोकने के निर्देश देने के अलावा उन्होंने लखनऊ के सदर क्षेत्र को पूर्ण सैनिटाइज करने का आदेश दिया प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में एक्सप्रेस वे परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है पूर्वांचल और बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य के माध्यम से साढ़े सात हजार मजदूर और एक हजार अन्य कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है उन्हाने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिये लगभग एक लाख सत्तर हजार वाहनों के परमिट जारी किये गये और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरूद्व छह सौ तैंतीस लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये और दो सौ बाईस लोगों को गिरफ्तार किया गया

प्रदेश में इस समय इस संक्रमण के एक हजार एक सौ चौंतीस एक्टिव मामले हैं नौ जनपदों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं बचा है उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के चवालीस जिले ही इस संक्रमण से प्रभावित है उन्होंने बताया कि प्रदेश में पूल टेस्टिंग का काम जारी है

इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की व्यवस्था की गई है मिर्जापुर में श्रम विभाग ने तैंतीस हजार छह सौ चालीस मजदूरो की सूची आपदा सहायता योजना के तहत भेज दी है

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर उनको बीमा का लाभ और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनन्द सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार आज सुबह उत्तराखंड के ऋषिकेश में फ्लचट्टी में गंगा तट पर हुआ उनके पुत्र मानवेन्द्र सिंह बिष्ट ने पिता को मुखाग्नि दी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सहित कई मंत्री और गणमान्य व्यक्ति अन्त्येष्ठि में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शोक सन्देश में कहा है कि योगी जी पूर्वाश्रम में हुई इस अपूर्णनीय क्षति के बारे में जानकर गहरी पीड़ा हुई है प्रधानमंत्री ने अपनी श्रद्धाजंलि देते हुए कहा कि उनके जीवन की सार्थकता का अनुभव हमें सार्वजनिक जीवन में योगी जी जैसे विलक्षण तत्वज्ञानी के सान्निध्य से होता है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धाजंलि अर्पित की

मूख्यमंत्री के पिता का लम्बी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली में निधन हो गया था योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का निर्णय लेते हुए लोगों से कम से कम संख्या में अन्त्येष्टि में शामिल होने की अपील की थी